नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में पुलवामा आतंकी हमले पर निंदा प्रस्ताव पारित कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी बस्तर में आयोजित आदिवासी कृषक भू अधिकार सम्मेलन में हुए शामिल इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि के प्रभावितों को जमीन वापसी के प्रमाण पत्र वितरित किए राज्य सरकार ने दाऊ कल्याण सिंह डीकेएस पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च सेंटर रायपुर की जांच के लिए बनाई तीन सदस्यीय समिति प्रधानमंत्री पुलवामा हमला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिर कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के अपराधियों को हमारे सुरक्षा बल कड़ी सजा देंगे महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे धैर्य बनाये रखें और वे आतंकी हमले में जवानों के शहीद होने पर जनता के आक्रोश को समझते हैं उन्होंने कहा कि राष्ट्र को अपने सुरक्षा बलों पर गर्व और पूरा विश्वास है उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा बलों को स्थिति से निपटने की पूरी छूट दी गई है पुलवामा में जो कुछ भी हआ उसको लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ रहा हूं शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें उन्हें सजा जरूर दी जाएगी पुलवामा हमला सर्वदलीय बैठक पुलवामा आतंकी हमले के बाद उत्पन्न स्थिति पर विचार के लिए नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में इस जघन्य हमले की कड़ी निन्दा की गई और एक प्रस्ताव पारित किया गया सभी दलों ने इस हमले की भर्त्सना की बैठक में आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों तथा आतंकवादियों को सीमापार से मिल रहे समर्थन की कड़ी निंदा की गई प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत में सीमापार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और देश ने इस चुनौती से निपटने में दुढ़ता और लचीलेपन का परिचय दिया है बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक दलों को हमले और इस सिलसिले में सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों की जानकारी दी गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने शुरू से ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई हई है केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि बैठक में सभी दलों ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सरकार का समर्थन किया उन्होंने बताया कि गृहमंत्री ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और हिंसा से मुक्त कराने का सरकार का संकल्प दोहराया है वहीं प्रसार भारती बोर्ड ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की है अपने संदेश में बोर्ड ने शहीद सैनिकों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की है एक ट्वीट संदेश में प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है केन्द्र परामर्श केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के छात्रों और उनके क्षेत्रों में रहने वाले कश्मीरी लोगों को मिलने वाली धमकियों के मद्देनजर उनकी सुरक्षा के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं यह परामर्श सर्वदलीय बैठक के बाद आया है केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में सभी कश्मीरी छात्रों और उसके निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि कश्मीरी छात्रों और उनके निवासियों को कई स्थानों से धमकी मिलने की सूचनाएं मिली थीं इसके मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सभी प्रदेशों और केन्द्र शासित राज्यों को उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने का परामर्श जारी किया है राहल गांधी बस्तर दौरा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने आज बस्तर जिले के ग्राम धुरागांव में आयोजित आदिवासी कृषक भू अधिकार सम्मेलन में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने लोहांडीगुड़ा क्षेत्र में टाटा इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि के प्रभावित करीब संत्रह सौ किसानों को किसान किताब और जमीन वापसी के प्रमाण पत्र प्रदान किए उन्होंने किसानों को पच्चीस सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे गए धान की राशि के साथ ही कर्जमाफी के दस्तावेज भी वितरित किए कांग्रेस अध्यक्ष ने कोंडागांव में एक सौ पांच करोड़ रूपये की लागत से प्रस्तावित मक्का प्रसंस्करण केंद्र के शिलान्यास सहित करीब बाईस करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया इस मौके पर श्री गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां आदिवासियों को जमीन वापस की गई है उन्होंने कहा कि अब जमीन अधिग्रहण से पहले किसानों से पूछा जाएगा और बिना सहमति के जमीन नहीं ली जाएगी गौरतलब है कि लोहंडीग्ड़ा में टाटा इस्पात संयंत्र के लिए पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा दस गांवों के करीब सत्रह सौ किसानों की सत्रह सौ चौसठ हेक्टेयर जमीन वर्ष दो हजार आठ में अधिग्रहित की गई थी लेकिन जमीन अधिग्रहण के दस साल बाद भी कंपनी द्वारा इस्पात संयंत्र नहीं लगाए जाने पर किसानों को उनकी भूमि वापस की गई है सम्मलेन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में अगले महीने से आम उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधा हो जाएगा विधानसभा चुनाव के पहले किए गए सभी वायदों को पूरा किया जा रहा है जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों की रिहाई को लेकर भी राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है

अब यह परीक्षा कल सत्रह फरवरी रविवार के बजाए बीस फरवरी बुधवार को होगी यह परीक्षा रायपुर स्थित प्रोफेसर जेएन पांडेय शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बीस फरवरी को दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक ली जाएगी डीकेएस जांच राज्य सरकार ने दाऊ कल्याण सिंह डीकेएस पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च सेंटर रायपुर की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी की अध्यक्षता में गठित समिति में सदस्य के रूप में संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और उप संचालक चिकित्सा शिक्षा रत्ना अजगले को शामिल किया गया है यह समिति डीकेएस पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च सेंटर की स्थापना और संचालन के संबंध में बिंदवार विस्तुत जांच करेगी समिति जांच प्ररी कर अपनी रिपोर्ट पंद्रह दिनों के भीतर राज्य सरकार को सौंपेगी लोकसभा चुनाव प्रशिक्षण आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान धन का दुरूपयोग रोकने के लिए प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय पर भारत निर्वाचन आयोग की कड़ी नजर रहेगी और निर्वाचन व्यय निगरानी के लिए टीमें तैनात रहेगी प्रत्याशी की हर राजनीतिक गतिविधि पर आयोग के निर्देशों के अनुसार गठित टीमें निगरानी रखेंगी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रदेश के सभी जिलों के निर्वाचन व्यय निगरानी के नोडल अधिकारियों और मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह जानकारी दी गई अधिकारियों ने बताया कि व्यय निगरानी दल राजनीतिक दलों और प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के व्यय का लेखा जोखा तैयार करेगा प्रशिक्षण में बताया गया कि प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय की जानकारी का कोई भी आम नागरिक सिर्फ एक रूपए जमाकर अवलोकन कर सकता है लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित की गई है इसके तहत कोई भी अभ्यर्थी सत्तर लाख रूपए खर्च कर सकता है व्यय निगरानी दल हर उस संदिग्ध लेनदेन परिवहन तथा व्यवहार पर नजर रखेंगे जो निष्पक्ष चुनाव के किसी भी पक्ष को प्रभावित कर सकता है अधिकारियों ने यह भी बताया कि व्यय लेखा जमा नहीं करने वाले गलत लेखा जमा करने या सीमा से अधिक व्यय करने वाले प्रत्याशियों को दंडित करने का प्रावधान है ऐसे प्रत्याशियों को तीन साल के लिए निर्वाचन के अयोग्य घोषित किया जा सकता है सुब्रत साहू सम्मेलन छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के अनुभव अमेरिका में साझा करेंगे वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स के आमंत्रण पर सोलहवे वार्षिक भारत सम्मेलन के दो दिवसीय आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं श्री साह वहां शिक्षाविदों छात्रों और युवा उद्यमियों के साथ रूबरू होंगे श्री साहू सम्मेलन में माओवाद प्रभावित छत्तीसगढ़ में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शांतिपूर्ण निर्विघ्न स्वतंत्र पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए अपनाई गई योजनाओं प्रशासकीय प्रबंधन और नवाचारों से जूड़े अन्भव साझा करेंगे पीएससी परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा कल सत्रह फरवरी को होगी दो पालियों में होने वाली इस परीक्षा के लिए राजधानी रायपुर में छप्पन केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं जिन छात्रों को प्रवेश पत्र नहीं मिल पाए हैं वे आयोग की वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं इस परीक्षा के जरिये राज्य प्रशासनिक सेवा के दो सौ सत्तर पदों पर भर्ती की जाएगी इस परीक्षा में करीब पंचानवे हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे मौसम प्रदेश के मौसम में अचानक आए बदलाव और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है राजस्थान के ऊपरी हवा में कम दबाव का क्षेत्र बने होने के कारण छत्तीसगढ़ में भी राजधानी रायपुर सहित अनेक स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश और ओले गिरने के समाचार मिले हैं मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर होने के कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में बारिश होने की संभावना नहीं है वहीं अगले एक दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है जिले की चिट़ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा